अयोध्या सुनवाई उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में रोजाना सुनवाई होगी जो इस महीने की छह तारीख से शुरू होगी प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि मध्यस्थता पैनल इस बारे में कोई सहमति नहीं हासिल कर सका न्यायालय ने मध्यस्थता पैनल से पहले कहा था कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट इकतीस जुलाई तक पेश करे एमओयू मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में आज राजधानी रायपुर में राजीव गांधी फाउंडेशन नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ इनफोटेक प्रमोशन सोसायटी के बीच एक अनुबंध पत्र एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया अनुबंध के तहत छत्तीसगढ़ में विभिन्न चहुंमुखी विकास रोजगार में वृद्धि पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन स्थिरता संवैधानिक मूल्य तथा लोकतांत्रिक संस्थान सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों और क्षेत्रों में समकालीन नीति के अध्ययन की दृष्टि से पॉलिसी लेब बनाया जाएगा अनुबंध पत्र पर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट फॉर कन्टेम्प्ररी स्टडीज के डायरेक्टर विजय महाजन और चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवसेनापति ने हस्ताक्षर किए इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी फाउंडेशन के प्रतिनिधिमंडल को छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक मानव संसाधन और अधोसंरचना की जानकारी दी साथ ही छत्तीसगढ़ को प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए निवेश के विकल्प तलाशने और राज्य में निवेश को बढ़ावा देने पर चर्चा की प्रतिनिधिमंडल में शामिल ताईवान के सांसद और उद्यमी प्रोफेसर यीशी चांग ने छत्तीसगढ़ में इंटेलिजेंट पावर माड्यूलर आईपीएम बनाने के प्रति अपनी रूचि व्यक्त की और बताया कि इस दिशा में तीसरा जनरेशन प्रारंभ हो रहा है उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन रूपी डिवाइस का उपयोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल सोलर पावर और पावर जनरेशन में होता है जो अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास की काफी संभावनाएं हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार की नीति के दायरे में छत्तीसगढ़ में प्राप्त प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा उन्होंने इस संबंध में चिप्स और उद्योग विभाग को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में भविष्य की संभावनाओं पर अध्ययन करने के निर्देश दिए नान घोटाला जमानत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भटट को जमानत दे दी है भट्ट को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने फरवरी दो हजार पन्द्रह में गिरफ्तार किया था इस मामले में एसीबी ने सत्ताईस लोगों को आरोपी बनाया था जांच के बाद पुलिस ने सोलह अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी फिरोज जमानत याचिका खारिज रायपुर सीजेएम की अदालत ने आज ब्लैकमेलिंग के मामले में गिरफ्तार फिरोज सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है वहीं कोर्ट ने फिरोज सिद्दीकी की रिमांड अवधि तीन दिन और बढ़ा दी है मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने फरोज सिद्दीकी को सीजेएम की अदालत में पेश किया और तीन दिन की अतिरिक्त रिमांड मांगी जिस पर कोर्ट ने फिरोज सिद्दीकी की रिमांड पांच अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है गौरतलब है कि फिरोज सिद्दीकी अंतागढ़ टेपकांड का मुख्य गवाह है

प्रदेश स्तर पर राजधानी रायपुर सहित सभी जिला मुख्यालयों नगरीय निकायों से लेकर विकासखंड और ग्राम स्तर तक स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं निर्देश में कहा गया है कि सभी शासकीय और सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए पन्द्रह अगस्त की रात्रि में सभी शासकीय सार्वजनिक भवनों राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों पर रोशनी की जाएगी मुख्य ध्वजारोहण समारोह सुबह नौ बजे से प्रारंभ किया जाएगा केन्द्रीय मंत्री वक्फ बोर्ड केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वक्फ के संबंध में डिजीटाईजेशन ऑफ वक्फ प्रापर्टी जीईएस जीपीएस मैंपिंग मिशन का नब्बे दिनों में सौ प्रतिशत कार्य पूर्ण करें श्री नकवी नई दिल्ली में ऑल इंडिया कान्फ्रेंस ऑन कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना और अवार्ड वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर एस जहीर उद्दीन ने भाग लिया इस मौके पर श्री नकवी ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा बोर्ड के विकास के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की

यह पुरस्कार नई दिल्ली में आगामी सत्रह सितंबर को दिया जाएगा पुरस्कार के तहत पचास हजार रूपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा गौरतलब है कि पुरस्कृत होने वाली इस टीम ने एसएमएस वन के स्ट्रिपर क्रेन में डीसी मोटर के जलने की समस्या को सुलझाने में अभिनव पहल कर समस्या का समाधान किया है लोकसभा विजय बघेल दर्ग सांसद विजय बघेल ने भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के पे रिवीजन का मुद्दा लोकसभा में उठाया कल शुन्यकाल में श्री बघेल ने कहा कि कर्मचारियों को सेल की गलत नीति के कारण पे रिवीजन के लाभ से वंचित होना पड़ा है उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पे रिवीजन का मामला दो हजार सत्रह से लंबित हैं श्री बघेल ने सरकार से अनुरोध किया कि पे रिवीजन का जल्द से जल्द निर्णय लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके अधिकार दिलाए रविशंकर शुक्ल जयंती आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और तत्कालीन अविभाजित मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती है इस मौके पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित कर पंडित शुक्ल को याद किया गया राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में पंडित शुक्ल की जयंती मनाई गई इस मौके पर पंडित शुक्ल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में जनता की बेहतरी के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यो को याद किया गया समारोह में पूर्व सांसद शरद यादव विधायक अमितेश शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति कुलसचिव विभागाध्यक्ष सहित गणमान्य नागरिक शामिल हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बधेल ने पंडित रविशंकर शुक्ल की जयंती पर प्रदेश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि पंडित शुक्ल एक विद्वान चिंतक विचारक और कुशल प्रशासक थे जिसका भरपूर लाभ मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़ को मिला बारिश बस्तर सहित प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मानसून सक्रिय है बस्तर संभाग में पिछले एक सप्ताह से हो रही बारिश के चलते बीजापुर और सुकमा जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है कई गांव टापू बन गए हैं इंद्रावती शबरी और मलगेर नदी उफान पर हैं प्रशासन ने एहतियातन इंद्रावती पर बैक वाटर फ्लो पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं मिली जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के चारों विकासखंड उसूर भोपालपट्टनम भैरमगढ़ और बीजापुर में बारिश से कई गांव और कस्बे तालाब में तब्दील हो गए हैं भोपालपट्टनम क्षेत्र में इंद्रावती सहित जिले के सभी छोटे बड़े नाले शबाब पर है बासागुड़ा चेरपाल तोयनार मिरतुर और फरसेगढ़ समेत एक दर्जन से अधिक नाले में पुल से ऊपर पानी बह रहा है तेलंगाना को जोड़ने वाली चिंतावगु नदी भी उफान पर है जिला मुख्यालय से कई गांवों का सड़क संपर्क ट्रट गया है वहीं सुकमा जिले में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं पिछले सोलह घंटे से हो रही लगातार बारिश से मलगेर नदी उफान पर है नदी का पानी पुल से उपर बह रहा है जिससे आवागमन थम गया है कई पंचायतों का जिला मुख्यालय से संपर्क ट्रट गया है इस बीच रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी एचपी चन्द्रा ने बताया कि फिलहाल प्रदेश में सिस्टम कमजोर पड़ गया है आगामी चौबीस घंटों के दौरान कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि बस्तर संभाग के एक दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है संक्षिप्त समाचार सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा एर्रावारे के साप्ताहिक बाजार में लगाए गए तीन आईईडी को बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय कर दिया जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में कल रायपुर में जल संरक्षण और पुनर्भरण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा कार्यशाला में सतही और भू जल संरक्षण पर विशेषज्ञ अपना उद्बोधन देंगे राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कृषि प्रसार में उत्प्रेरक के चयन के लिए आगामी नौ अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं दुर्ग जिले के भिलाई में एक सौ आठ संजीवन एक्सप्रेस ट्रेलर से जा टकराई इस हादसे में मेडिकल टेक्शियन की मौत हो गई वहीं एम्बुलेंस चालक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जांजगीर चांपा जिले के डॉक्टर आज नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी बिल के विरोध में हड़ताल पर चले गए हैं हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी हैं इस बीच डॉक्टरों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा कोरिया जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र में आज एक युवक हल्फली नदी में मछली पकड़ने के दौरान बह गया